मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जनमंच कार्यक्रम में समस्याओं का निपटारा सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार करने के दिए निर्देश प्रदेश भाजपा का दावा पंचायत उपचुनाव में अधिकांश पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला के समीप ग्लेन में नेचर पार्क की आज आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क में तीन वर्षा शालिकाएं व तीन वॉच टावरों के निर्माण के अलावा तीन पिकनिक स्थल भी विकसित किए जाएंगे इससे पहले जयराम ठाकुर ने मेरा वृक्ष मेरा परिवार वनीकरण कार्यक्रम के तहत अनाडेल सड़क के किनारे पौधरोपण भी किया

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मित्र समझ कर एक वृक्ष लगाएं तथा इसकी देखभाल भी सुनिश्चित करें इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए आगे आना चाहिए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा पर्वतारोहण अभियान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उत्तरी सीमा पर्वतारोहण अभियान को आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्षेत्रीय मुख्यालय तारादेवी शिमला से रवाना किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अभियानों से जवानों में नेतृत्व व आत्मविश्वास के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता है उन्होंने कहा कि ये अभियान पर्यावरण व स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा जयराम ठाकुर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हाल ही में किन्नौर जिले की सांगला घाटी के नागस्ती में किए गए बचाव कार्यों की भी सराहना की उन्होंने कहा कि यह बल प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

उन्होंने कहा कि सात वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेब के फलों की गुणवत्ता व पैदावार में वृद्धि लाने के साथ साथ विपणन की बेहतर व्यवस्था और सेब बागीचों का जीर्णोद्वार करना भी है महेंद्र सिंह ठाकुर ने धीमी गति से चल रहे परियोजना के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि परियोजना के एक एक पैसे का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए और प्रगति व परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए डेंगू बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाली ऐसी पंचायतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए है जहां डेंगू के पनपने की अधिक संभावनाएं हैं बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ मिलकर डेंगू नियंत्रण कमेटी गठित की जाए इस बीच जिले में आज डेंगू के पांच नए मामले दर्ज किए गए

कार्यशाला केंद्र सरकार की मातृवंदना योजना के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को जागरूक करने के लिए सोलन में आज एक कार्यशाला लगाई गई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने बताया कि सभी पात्र महिलाओं तक इस योजना को पहुंचाने के लिए कार्यकर्त्ताओं को जागरूक किया गया ताकि गरीब महिलाएं लाभान्वित हो सके एनसीसी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने नशीली दवाओं के द्रूपयोग को रोकने के लिए एनसीसी के सहयोग का आहवान किया है शिमला में आज एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल आर एस मान से मुलाकात के दौरान उन्होंने एनसीसी से वनीकरण और राज्य को पॉलीथीन मुक्त बनाने में भी सहयोग का आग्रह किया उन्होंने कहा कि एनसीसी विंग वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों में एन सीसी शिक्षकों की तैनानी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे

इस मौके पर मेजर जनरल आर एस मान ने राज्य में एनसीसी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुए एनसीसी के बजट को बढ़ाने का आग्रह किया मुख्य सचिव मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने अधिकारियों को जनमंच कार्यक्रम में लोगों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शिकायतों व समस्याओं का निपटारा प्रदेश सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं सिरमौर जिले के नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार द्वारा जनमंच के लिए जारी की गई निर्देशिका का गंभीरता से अध्ययन कर जन समस्याओं को निपटाएं विनीत चौधरी ने कहा कि शिकायतों के समाधान के बारे में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय में लिखित व मौखिक रूप में अवगत करवाया जाए मुख्य सचिव ने सिरमौर के उपायुक्त को जनमंच कार्यक्रम के दौरान लोगों के किसान क्रैडिट कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए ताकि किसानों को केसीसी बनाने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े

एक ब्यान में उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को सुविधाएं देने के बजाए उन्हें कानूनी अड़चनों में फंसाने का षडयंत्र रच रही है

पंचायत उपचुनाव प्रदेश भाजपा ने कल हुए पंचायत उपचुनाव में जिला परिषद की एक बीडीसी की पांच व ग्राम पंचायत प्रधान की दस सीटों पर जीत का दावा किया है

उन्होंने कहा कि उपचुनाव से यह साबित हो गया है कि लोगों ने सात महीने पुरानी जयराम सरकार को तवज्जो दी है सड़क सुरक्षा कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित ड्राईविंग के प्रति जागरूक करने के लिए जिले के शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाए जाएंगे इन क्लबों में अध्यापक अभिभावक व विद्यार्थी शामिल होंगे उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा क्लब बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में शिक्षित करने में सहायक होंगे और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को इनके गठन के लिए कहा गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समारोह की अध्यक्षता करेंगे

उन्होंने कहा कि ये राशि जिले में सर्वश्रेष्ठ तीन ग्राम पंचायतों को जिला परिषद द्वारा पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी

बोर्ड के सचिव के अनुसार जिन उम्मीदवारों को अभी तक रोल नम्बर नहीं मिले हैं वे बोर्ड की वेबसाइट से भी अपने रोल नम्बर डाउनलोड कर सकते हैं